वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का किया शुभारंभ ई गोपाला एप को भी किया लाँच ् पांच रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप को औपचारिक रूप से किया गया भारतीय वायूसेना में शामिल ्र प्रदेश में इस बार दर्ज हुई सामान्य औसत से अधिक बारिश मौसम विभाग ने जताई अगले सप्ताह से बारिश का दौर फिर शुरू होने की संभावना प्रदेश में आज भाजपा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों के लिए सम्पूर्ण कर्जमाफी चार महीने की बिजली बिल माफी और बढ़े हुए बिजली बिलों को यथावत करने की मांगों को लेकर जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन दिये उदयपुर में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया के नेतृत्व में और जयपुर में पार्टी के जिला अध्यक्ष रामलाल शर्मा की अगुवाई में प्रशासन को ज्ञापन दिया गया जयपुर में मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि कांग्रेस जो वादे कर सत्ता में आई थी उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है

आज जयपुर शहर के अलावा जयपुर संभाग के विभिन्न जिलों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक और अन्य प्रतिनिधि भी श्री माकन को फीडबैक देने के लिए जयपुर पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज मीडिया को बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है

मंत्रालय ने पाया है कि कुछ बड़े राज्यों में रेपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने वाले कोरोना लक्षण वाले मामलों की आरटी पीसीआर जांच नहीं की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से इस बारे में राज्यों को पत्र लिखा है मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोरोना लक्षण वाले नेगेटिव मामलों की अनिवार्य रूप से जांच हो तॉकि उनके संपर्क में आने वालों में संक्रमण न फैल सके

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि रेलवे ने माल लदान और द्वलाई को प्रोत्साहित किया है

उन्होंने ई गोपाला एप की भी शुरूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाज़ार और सूचना पोर्टर्ल की व्यवस्था करना है इस एप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पश्पालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत की

अगले चार पांच वर्ष में इन योजनाओं पर बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जायेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे देश के दस करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना महामारी के दौरान सावधानी के सभी उपाय करें

इस दौरान फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी उपस्थित थीं

इस प्रदर्शन में स्वदेश निर्मित तेजस और सारंग हेलिकॉप्टर ऐरोबेटिक टीम ने भी भाग लिया इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल सौदा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा

इस कार्यशाला में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक और सुजनात्मक गतिविधियों में लगे अध्यापक भाग ले रहे हैं इस कार्यशाला को कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधित करेंगे कार्यशाला के दूसरे दिन विषय विशेषज्ञ नयी शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे

कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग जवाहर कला केन्द्र और राजस्थानी संस्कृत ब्रज उर्दू और सिंधी भाषा अकादमी की ओर से ये प्रतियोगिता पांच भाषाओं में आयोजित की जाएगी प्रतियोगिता का विषय सत्यमेव जयते है

हिन्दी दिवस पर राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन में इस प्रतियोगिता के विजेता अपनी कविताओं की ऑनलाइन प्रस्तुति देंगे सवाईमाधोपुर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की स्थानीय इकाई की ओर से जुवाड़ गांव में महिला संगोष्ठी आयोजित की गई संगोष्ठी में महिलाओं को पोषण के बारे में जानकारी दी गई

इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए पोषण सत्र आयोजित किये गये बांसवाड़ा में भी एमसीएचएन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को पोषण के बारे में जाानकारी दी गई झालावाड़ जिले की उजाड़ नदी में दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई ये दोनों कल नदी में नहाने गई थीं

सिंचाई विभाग के अनुसार जैसलमेर में इस मानसून में असामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई है वहीं छह जिले अलवर ब्रंदी धौलपुर श्रीगंगानगर कोटा और टोंक ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम पानी बरसा है इस बार बाड़मेर चूरू डूंगरपुर जालोर जोधपुर नागौर राजसमन्द और उदयपुर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है

इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी लेकिन पूर्वी जिलों में सोमवार से फिर बारिश का दौर शुरू होगा पश्चिमी जिलों में मंगलवार से बारिश के आसार हैं

मंडावरी कस्बा लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र में आता था और अब मंडावरी को नगर पालिका बना दिया गया है

दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की मौजुदगी में आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न हई